इस दया याचिका को आज ही गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति को भेजा था गृह मंत्रालय ने ये दया याचिका नामंजूर किये जाने की सिफारिश की थी

कई स्थानों पर मतदान केन्द्रों पर सुबह से ही लम्बी लम्बी कतारे देखी जा रही है और लोगों में मतदान के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है निर्वाचन विभाग ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है

राज्य में झूंझूनू और जैसलमेर को छोड़कर सभी जिलों में पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है

केंद्रीय मंत्रियों का एक दल कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएगा

देशभर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और माता पिता कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नों के उत्तर देंगे और विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव से निपटने के बारे में बातचीत करेंगे अलवर जिले के मालाखेडा की तीन बालिकाएं परीक्षा पे चर्चा कार्यकम में भाग लेंगी

उन्होंने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है

राज्य से नेशनल परेड के लिए कुल चार कैडेटों का चयन किया गया है प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश और सर्द हवाओं के कारण सर्दी का असर बढ गया है कुछ स्थानों पर बारिश के साथ ओले भी गिरे है

ओलावृष्टि के कारण किसानों में फसलों को लेकर चिंता बढ गई है जिले के कई ईलाकों में बरसात का दौर आज सुबह तक जारी रहा इस बीच मौसम विभाग ने आज जयपुर अलवर दौसा सीकर झुझुनू मरतपुर घौलपुर करौली सवाईमाघोपुर अजमेर टोंक भीलवाडा बूंदी कोटा बारा झालावाड़ में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना जतायी है गुवाहाटी में चल रहे तीसरे खेलो इंडिया युवा खेलों में आज तैराकी और टेनिस मुकाबलों की शुरुआत हुई